स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कल शिमला में सर्वेक्षण की रिपोर्ट व निष्कर्षों की जानकारी देने के लिए आयोजित समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने डिवॉर्मिंग कार्यक्रम से जुड़े विभागों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी सम्बद्ध विभागों के प्रयासों से ही प्रदेश में मिशन मोड पर डिवार्मिंग अभियान सफल हुआ है

उन्होंने कहा कि सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनुसंधान पर अधिक ध्यान दे रही है

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ उना से किया जाएगा

मार्ग बहाल प्रदेश सरकार ने शिमला के कनेडी हाउस चौक से बालूगंज मार्ग को सभी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है इस संबंध में सरकार ने कल शाम अधिसूचना जारी कर इस मार्ग को प्रतिबंधित मार्ग की सूची से बाहर कर दिया है इस निर्णय के बाद आम लोगों के वाहन बिना परमिट के भी इस मार्ग से जा सकेंगे उधर कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मैकलोडगंज में एच आर टी सी बस स्टैंड को पब्लिक पार्किंग स्थल के रूप में प्रयोग करने के आदेश दिए हैं उन्होंने बताया कि मैकलोडगंज के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने और पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के लिए ही यह कदम उठाए जा रहे हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सकिय बना हुआ है और कई इलाकों में रूक रूक कर जोरदार वर्षा हो रही है इस वर्षा से जहां नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन होने से छोटे बड़े सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरूद्व हो गए हैं मौसम विभाग ने आगामी एक दो दिन मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है

कीमतों में यह कटौती अंतरराष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हुई है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बर्षा और भूस्खलन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

आपका फैसला का शीर्षक है प्रदेश में मुसलाधार बारिश से चार एनएच बाधित लोगों को दिक्कतें

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है के सी सी बी भर्ती घोटाले में एफ आई आर की सिफारिश स्टेट विजिलेंस ने भर्ती में की भयंकर गड़बड़ी की पुष्टि